एक एथिकल हैकर दवारा ऐप में संभावित सुरक्षा मुददे को लेकर चिंता जताये जाने के बाद सरकार का यह सप्रषटीकरण थे या है

उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी मजद्रों के अवैध परिवहन एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंक्श लग सकेगा

रियल स्टेट मध्यप्रदेश भ्र संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़े विपरीत प्रभाव को देखते हए राहत देने का निर्णय लिया है

प्लिस अधीक्षक डॉ शिवदयाल सिंह ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान प्लिस सुजन प्रतियोगिता का थ योजन कर रही हैं इसके माध्यम से कविता कहानी फोटोग्राफी और मांडना की ऑनलाइन प्रविष्टियां मंत्रित की है

प्रतिभागी अपनी रुचि के अन्सार उस विषय मे भाग लेकर संबंधित ईमेल या नोडल अधिकारी के वाट्सएप नम्बर पर कृति भेज सकते हैं

शहड़ोल जिले में तीसरे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की भी पहली रिपोर्ट निगेटिव पायी गयी है इससे पहले दो लोगों की रिपोर्ट निगेटिव थ यी थी

वे हाल ही में सेवानिवृत हए अतन् चक्रवर्ती का स्थान लेंगे

गोंद निकालने के कार्य में स्थानीय लोगों की सेवा लेकर उन्हें रोजगार म्हैया कराया जायेगा